ट्वीट संदेश में मोदी ने कहा कि दोनों देश शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस पहंचे थे और उन्होंने राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रॉ के साथ बैठक में आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत की थी वार्ता के बाद कल दिये वक्तव्य में उन्होंने सीमा पार से आतंकवाद से लड़ने में फ्रांस के समर्थन की सराहना की और इस क्षेत्र में शांति के लिए काम करते रहने का संकल्प व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने आज पेरिस के युनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय को सम्बोधित किया इससे पहले श्री मोदी ने आज फ्रांस के प्रधानमंत्री एड्आर्डो फिलिप से मुलाकात की प्रधानमंत्री आज ही संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे जहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द जायद से सम्मानित किया जाएगा वे अद्वधावी के युवराज मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से भी बातचीत करेंगे और विदेश में नकदी रहित लेन देन की प्रणाली बढ़ाने के लिए रुपे कार्ड को औपचारिक रूप से आरंभ करेंगे श्री मोदी इसके बाद बहरीन जाएंगे जहां वे वहां के शाह शेख हमाद बिन इसा अल खलीफा से बातचीत करेंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि रिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि शिक्षा से युवाओं में अन्तरमन में झांकने और दूसरों की पीड़ा समझने की क्षमता विकसित होनी चाहिए दया भाव के बारे में पहले विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वाग्रहों से उबरने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि युवाओं को इस तरह शिक्षित करने की जरूरत है कि वे जाति और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठ सकें राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी महान नेता और दूरदृष्टा तो थे ही उन्होंने अनेक शाश्वत विचार और मूल्य भी अपनाये इसीलिए उनके विचार आज भी सामयिक हैं कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदम्बरम अभी हिरासत में रहेंगे क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है इस मामले में पूछताछ के लिए चिदम्बरम को छब्बीस अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है हालांकि चिदम्बरम को धन शोधन मामले में आज उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है न्यायाधीश आर भानूमति और एस बोपन्ना की पीठ ने दोनों मामलों की सुनवाई सोमवार छबीस अगस्त को तय की है चिदम्बरम से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय भ्रष्टाचार और आईएनएक्स मीडिया से संबंधित धन शोधन मामलों में पूछताछ कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने भैंसासुर घाट पर मौजूद संतरविदास मंदिर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया दो दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कल ही देर शाम काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव जाकर पूरे विधि विधान से दर्शन पूजन किया उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण कर अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिये महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विभिन्न श्रेणियों के लिए दो हजार अट्ठारह उन्नीस के पोषण अभियान पुरस्कार प्रदान किए पोषण अभियान को बढ़ावा देने और देश के सभी परिवारों का इससे लाभान्वित होना सुनिश्चित करने में योगदान के लिए राज्यों जिलों ब्लॉकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये पुरस्कार दिए गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और अमिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निरन्तर आलोचना करने के लिए अपनी ही पार्टी पर प्रश्न उठाए हैं कल नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि श्री मोदी के सुशासन का नमूना पूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं है और उनके कार्य को मान्यता न देना तथा हरसमय उन्हें दोषी बनाने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा श्री रमेश की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक अन्य कांग्रेस नेता श्री सिंघवी ने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को हमेशा दोषी बनाना गलत है उन्होंने कहा कि कार्रवाई कभी सही और कभी खराब तथा कभी विचार के विपरीत होती है इन कार्रवाइयों को व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर परखना चाहिए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था के साथ ध्मधाम से मनाया जा रहा है मथ्रा सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कल भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जायेगा विभिन्न स्थानों पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और जीवन से जुड़ी झांकिया सजायी गयीं हैं लोगों ने अपने घरों में भी झांकियां सजायी हैं जहां मध्य रात्रि को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जायेगा मथुरा में जन्माष्टमी का विशेष उत्साह है